अपनी फसेब्क पोस्ट में श्री जेटली ने इस नकद और कागज़ मुक्त योजना को स्वास्थ्य संभाल के क्षेत्र में बड़ी तबदीली लाने वाली योजना बताया है उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन औसतन पांच हजार दावे निपटाये जा रहे है श्री जेटली ने कहा कि जैसे जैसे योजना के बारे जागरूकता बढ़ेगी तो उम्मीद है कि प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ से ज्यादा परिवार योजना का लाभ उठायेंगे

रक्षा अन्संधान और विकास संगठन डीआरडीओ का स्थापना उन्नीस सौ अट्ठावन में आज ही के दिन की गई थी डीआरडीओ के अध्यक्ष डा जी सतीश रेडडी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत मे कहा कि आज देश मिसाईल रडार सोनार और टारपीडो तथा और कई प्राणियों में आत्मनिर्भर है श्री रेडडी ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के लिए अत्याध्निक हथियार प्रणाली पर वर्षो से काम कर रहा है उन्होंने कहा कि देश में ही विकसित लड़ाक् विमान तेजस तथा वाय्सेना की प्रांरभ्रिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली सभी परीक्षकों से ग्जरने के बाद लागू किये जाने के लिये तैयार है केन्द्रयीय पेयजल एंव स्वच्छता मंत्रालय दवारा शौचालयलों को स्वच्छ एंव संदर बनाने के लिये आज से विशेष अभियान श्रू किया है जिसमें परिवारों दवारा अपने अपने शौचालयों को रंगों दवारा न्या एवं आर्कषक रूप दिया जायेगा

फतेहाबाद जिले के उपायुक्त डा जय कृष्ण आभीर ने आज गांव बनगांव में स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता का श्भारंभ किया भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सबसे स्वच्छ सुदंर शौचालय के प्रस्कार के लिये तीन स्तर निर्धारित किए गये है जिसमें व्यक्तिगत ग्राम पंचायत व जिला स्तर के शामिल है सभी विजेताओं को मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित समारोह में सम्मानित किया जायेगा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अभियान को और अधिक प्रबल बनाने व लोगों में शौचालयों के प्रति स्वामित्व का भाव बनाए रखने के लिए नववर्ष में स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता शुरू की गई है प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये खंड स्तर पर पांच श्रेष्ठ रचनात्मक फोटो चयन किया जायेगा और उनको चार फरवरी तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय मे जमा करवाया जायेगा इन फोटो केा पांच फरवरी तक मंत्रालय के पास भेजा जायेगा व्यक्ति गत ग्राम पंचायत व जिला स्तर के सर्वश्रेष्ठ शौचालय को अपने पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय दवारा आयोजित किए जाने वाले समारोह में सम्मानित किया जायेगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज बताया कि

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने नगरपालिका सचिव के ख्ले दरबार में अन्पस्थित रहने विकास कार्यो में रूचि न लेने व जनता के कार्य समय पर न होने व आदेशों की अवहेलना करने पर नगरपालिका सचिव के विरूदध संख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है राज्य मंत्री ने मीडिया को बताया कि उन्हें नगरपालिका सचिव के खिलाफ लोगों से शिकायतें मिल रही थी कि उनके कार्य समय नहीं हो रहे है और उन्हें नगरपालिका के बार बार चक्कर लगाने पड रहे है उन्होने कहा कि सरकार न केवल विकास कार्यो को तेजी से करवाने के प्रति सजग है बल्कि आमजन के हित में योजनाओं भी लागू करना सुनिश्चित किया जा रह है पंजाब हरियाणा में सर्दी और कोहरे का कहर जारी है यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरा इलका शीत लहर की चपेट में है आज स्बह अब तक का सबसे घना कोहरा छाया रहा यम्नानगर जगाधरी में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कोहरे के कारण यमुनानगर की लक्कड़ मंडी सब्जी मंडी व गुड़ मंडी में माल की आवक प्रभावित रही कोहरे और धंध के कारण आज जन जीवन प्रभावित हो रहा है अम्बाला रेलवे स्टेशन पर ध्ंध के कारण अनेक अनेक रेलगाडियां रद्द रही जबकि एक दर्जन से ज्यादा रेलगाडिय़ां कई घंटे देरी से पहंची लोग प्लेट फार्म पर ठिठ्रते है हमारे संवाददाता ने बताया कि कामाख्या एक्स प्रेस अपने निश्चित समय से लगभग सात घंटे देरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची जबकि श्रीगंगा नगर से चलकर हरिद्वार जाने के लिये गंगा नगर एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली लखनऊ एक्सप्रेस लगभग दो घंटे देरी से सहरसा से अमृतसर जाने वाली और अमृतसर से कानप्र जाने वाली रेल गाड़ी भी कई घंटे देरी से पहंची इसके अलावा हावड़ा से कालका जाने वाली हावड़ा मेल टाटा प्री एक्सप्रेस सहित अनेक रेलगाडिय़ां भी धंध के कारण देरी से चली जबकि जन सेवा एक्सप्रेस हरीहर एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन गाडिय़ां आज भी रद्द रही राष्ट्रपति राम नाथ कोविदं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्व अभिनेता और संवाद लेखक कादर खां के निधन पर शोक प्रकट किया है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि कादर खां हास्य से लेकर खलनायक जैसी विविध भूमिकायें निभाने वाले को हमेशा याद किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शोक संदेश मे कहा कि कादरखां ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से सुनहले पर्दे को आलोकित किया वे एक प्रतिभाशाली पटकथा लेखक थे और उनका नाम कई यादगार फिल्मों से जुड़ा है

साथ ही यह स्निश्चित करेगी कि इन स्थानों पर यातायात नियमों की पालना स्निश्चित हो और सभी प्रकार संकेत बोर्ड भी लगाए जाए उपायुक्त मुकुल कुमार ने जिला सचिवालय के सभागार में सड़क स्रक्षा की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि यातायात प्लिस एवं कमेटी ऐसे स्थानों की पहचान करके उन पर आवश्यक यातायात नियमों संबधी सुविधाएं मुहैया करवाए ताकि किसी प्रकार की जान व माल की हानि न हो सके साथ ही सभी सड़क मार्गो पर रेफलेक्टर लगवाना भी स्निश्चित किया जाए उन्होंने कहा कि विशेषकर ध्ंध के कारण स्पष्ट दृश्यता होनी चाहिए उन्होंने कहा कि पंचकूला के सभी सैक्टरों में वाहन पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों को दोपहिया वाहन व गाडियों के लिए अलग अलग स्थल निर्धारित करके उन पर संकेत बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिये विशिष्ठ सेवा मैडल से स्म्मानित एयर कोमोडोर संजीव घ्रतिया ने आज तीन बेस रिपेयर डिपो का कमान संभाल ली